राज्य में अति पिछडा वर्ग को पांच प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय में विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सोमवार को होगी सुनवाई प्रदेशभर में आज मनाया जा रहा है तीज का त्यौहार राजधानी जयपुर में निकालेगी तीज की सवारी

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने सदन में यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया उन्होंने विधेयक के कारणों और उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि यह संशोधन पारदर्शिता की दृष्टि से लाया गया है उन्होंने कहा कि मूल अधिनियम में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अपने कार्यो का निर्वहन सही तरीके से नहीं किए जाने पर पद से हटाए जाने का प्रावधान था परन्त बाद में इस अधिनियम में संशोधन कर इस प्रावधान को हटा दिया गया था

मुख्यमंत्री की ओर से संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया

वीडियो कांफ्रेंसिंग का ट्रायल रन आज होगा कांफ्रेंसिंग में एक तरफ जोधप्र से मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट और न्यायाधीश विनितकुमार माथुर की खंडपीठ होगी जबकि जयपुर से महाधिवक्ता महेन्द्रसिंह सिंघवी और याचिकाकर्ता अरविंद शर्मा की ओर से अधिवक्ता अभिनव शर्मा पैरवी करेंगे इसके लिए कोर्ट नंबर एक में ही स्क्रीन लगाई जाएगी जहां जयपुर से अधिवक्ताओं की बहस लाइव सुनी जा सकेगी और खंडपीठ उनसे सवाल जवाब भी कर पाएगी

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने कल इसरो के रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के जनरल मैनेजर एसएस राव को इस संबंध में आदेश जारी किये जोजरी नदी में टेक्सटाइल स्टील और अन्य इकाइयों द्वारा छोड़े जा रहे अनुपचारित पानी से हो रहे प्रदूषण के मामले में सुनवाई के दौरान एनजीटी ने यह आदेश जारी किये

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार किसी स्थिति में राज्यों र्क अधिकार क्षेत्र में दखल देना और बांधों पर स्वामित्व नहीं चाहती हालांकि वह बांधों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रोटोकोल बनाने की नीयत से यह विधेयक लाई है उन्होंने कहा कि विधेयक का एक और मकसद बांधों की सुरक्षा को लेकर आपात कार्ययोजना तैयार करना भी है

एसीबी के अनुसार आरोपी एसडीएम ने परिवादी से पुश्तैनी जमीन के मामले में वाद खारिज करने की एवज में यह रिश्वत की राशि ली थी लेकिन फैसला परिवादी की बेटी के पक्ष में आने पर एसडीएम राशि लौटा रहा था ट्रेप की कार्रवाई के दौरान एसीबी ने उसके घर से शराब की बोतल सहित अन्य सामग्री भी बरामद की

राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आतंकवादी खतरों और खासकर अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाये जाने के बारे में मिली ताजा खुफिया जानकारी के आधार पर पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे घाटी से जल्दी लौटने की तैयारी करें सेना की चिनार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों और राज्य पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने जानकारी दी कि सुरक्षा बलों ने बालतल और पहलगाम से अमरनाथ जाने वाले रास्ते पर बड़ी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद बरामद किया है केजेएस ढिल्लों ने बताया कि लश्कर तथा जैश और अंसार गजवातुल हिंद के आतंकवादी पाकिस्तानी सेना की मदद से अमरनाथ यात्रियों पर बड़ा हमला करने की तैयारी में हैं

राजधानी जयपुर में आज और कल तीज की शोभायात्रा निकाली जायेगी इसे लेकर शहर में यातायात और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये गये है इससे पहले कल सिंजारा पर्व मनाया गया

मौसम विभाग ने प्रदेश के अजमेर बारां भरतपुर ब्रंदी भीलवाड़ा चित्तौडगढ़ दौसा जयपुर झालावाड़ कोटा सवाई माधोपुर टोंक और सीकर में भारी वर्षा की चेतावनी दी है

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंतकवाद के खिलाफ एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया उन्होंने कहा कि आंतकवाद के खिलाफ एक स्वर में आवाज उठाने की जरूरत है कुछ सदस्यों की इस आपत्ति पर कि व्यक्तियों को आंतकवादी नहीं घोषित किया जाना चाहिए गृह मंत्री ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में व्यक्तियों को आंतकवादी घोषित किए जाने का प्रावधान है

लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है विधेयक में विभिन्न क्षेत्रों तथा अलग अलग वेतनमानों में काम करने वाले श्रमिकों को समान रूप से न्यूनतम वेतन और समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गयी है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि यह विधेयक मजदूरों के वेतन भुगतान की समस्याओं को दूर करेगा